इसके अलावा वे अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच रोज़ाना चलने वाली हिमाचल एक्सप्रैस रेलगाड़ी को दौलतपुर चौक तक चलाए जाने को भी हरी झंडी दिखाएंगे केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री का ऊना स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षा कक्ष सहित अंब अंदौरा दौलतपुर चौक रेल लाईन के विद्युतीकरण कार्यो का शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है राज्यत्व दिवस राज्यस्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह का आयोजन इस बार सोलन जिला के अर्की में होगा समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र करेंगे प्रवेश प्रक्रिया प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय द्रवर्ती शिक्षा व मुक्त अध्ययन केन्द्र इक्डोल में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है संस्थान के निदेशक कुलवंत सिंह पठानिया ने बताया कि छात्र स्नातक स्नोतकोत्तर पीजीडीसीए और पीजीडीपीएम डिप्लोमा कोर्सो के लिए आवेदन कर सकते हैं अधिक जानकारी इक्डोल और प्रदेश विश्वविद्यालय के वैबसाईट पर उपलब्ध है कंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शाही स्नान के साथ कुंभ मेला आज अलसुबह शुरू हो गया मेले का ये पहला शाही स्नान है कुंभ मेले का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जा रहा है कुंभवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाईव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की गई है शिविर मंडी ज़िले में नाचन क्षेत्र के ढाबण में कल शून्य लागत खेती और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत किसान प्रशिक्षण शिविर लगाया गया शिविर की अध्यक्षता करते हुए विधायक विनोद कुमार ने किसानों से कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचारपत्रों ने बजट सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला और दैनिक जागरण की एक जैसी सुर्खी है नौ फरवरी को पेश होगा हिमाचल का बजट

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है तत्तापानी को जल क्रीड़ा गंतव्य के रूप में किया जाएगा विकसित

जबकि सुक्खू के बयान को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है जीत के लिये जितने जरूरी कार्यकर्ता उतने ही बड़े नेता आईजीएमसी के जन औषधि केन्द्र की दवा का सैम्पल फेल दिव्य हिमाचल की एक खबर है इसी पत्र के अनुसार पेट्रोल डीजल नहीं इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ाएंगे हिमाचली अर्की में होगा पूर्ण राज्यत्व दिवस का आयोजन पंजाब केसरी की खबर है आपका फैसला लिखता है हिमाचल डे पर एक मंच पर विराजमान होंगे सीएम जयराम ठाकुर व वीरभद्र सिंह अजीत समाचार के मुताबिक अखाड़ों के शाही स्नान के साथ कुंभ मेला शुरू जबकि दैनिक जागरण के शब्द हैं संगम पहुंचे कोटि कोटि देव पहले कुंभ स्नान को दौड़े लोग अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय समझौते की नई दिशा में हिमाचल में श्रीरेणुका जी बांध परियोजना पर अपने विचार व्यक्त किये हैं दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या का समाधान लोगों के हाथ में ही है ऐसे में उन्हें प्रशासन के साथ मिलकर अपना योगदान देना होगा